पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि कल

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चूनाव के अंतिम चरण के बाद उन्नीस मई की शाम से पहले नहीं किया जा सकता आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है इसमें कहा गया है कि टेलिविजन रेडियो चैनल केबल नेटवर्क वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चरण में मतदान खत्म होने से अड़तालीस घण्टे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाए आयोग ने कहा है कि इस परामर्श में किसी भी तरह का मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लेषण कोई दृश्य और साउंड बाइट शामिल हैं निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक समाचार प्रसारकों के प्रसारण पर निगरानी रखेगा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि कल है जमुई औरंगाबाद नवादा और गया में होने वाले चुनाव के लिए आज रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं भरा जायेगा उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को होगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे पहले और द्रसरे चरण के लिये अब तक पंद्रह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं दूसरे चरण के लिये छब्बीस मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं सीपीआई ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाये जाने की घोषणा की है पार्टी के बिहार सचिव सत्य नारायण सिंह ने बताया कि आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी इसमें अन्य उम्मीदवारों के नामों पर फैसला किया जायेगा बीमार और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है पटना जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि बीमार मतदाताओं को ई रिक्शा से मतदान केन्द्र तक लाया जायेगा जबकि दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि जिले के सभी मतदान केन्द्र पर एक महिला दूसरा पुरूष और तीसरा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कतार बनाने की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक मेडिकल कीट भी उपलब्ध होगा चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले राज्य के सात प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दिया है वहीं विधानसभा में छियानवे प्रत्याशी अयोग्य घोषित किये गये हैं लोकसभा के लिए पश्चिम चम्पारण और नवादा निर्वाचन क्षेत्र से दो दो जबकि जहानाबाद मुजफ्फरपुर और आरा से एक एक प्रत्याशियों पर रोक लगा दी गयी है राज्य के नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली युवक को भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवक के पास से दो सौ पांच पैकेट विस्फोटक तीन सौ पचपन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर दो मोबाईल फोन और चार सीम कार्ड बरामद किये गये हैं युवक से पूछताछ की जा रही है भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा के पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद का निधन हो गया है वे अठासी वर्ष के थे वह पीरपैंती से छह बार विधायक रह चुके हैं कल रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उनका निधन हो गया राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अगले दो दिनों के बाद मौसम विभाग ने ब्रंदाबांदी होने की सम्भावना जतायी है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा रही है वैज्ञानिकों ने कहा कि आज आकाश साफ रहेगा जबकि तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है उधर मौसम विभाग ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है जिसके कारण अगले दो दिन में राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा आकाश में बादल और चक्रवाती हवाओं के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है वहीं पटना का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री और न्यूनतम अठारह डिग्री गया का तैंतीस दशमलव सात डिग्री तथा न्यूनतम अठारह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एक्जिबिशन रोड में एक द्रपहिया वाहन के सर्विस सेंटर में भीषण अग्निकांड में लाखों रुपये मुल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है वहीं बक्सर जिले के राजगोला के पीछे एक मकान के गोदाम में रखे पटाखों में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गयी बाद में फायरब्रिगेड के चार वाहनों से आग पर काबू पाया जा सका उधर पश्चिम चम्पारण जिले के राजडयोढ़ी में आग लगने से पन्द्रह दुकाने चलकर राख हो गयी सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी जबकि उनके दो पुत्रों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया पुलिस मामले की जांच कर रही है वैशाली जिले में अपराधियों ने देर रात पटना के कंकड़बाग के एक व्यवसायी को गोली मार कर घायल कर दिया पुलिस ने बताया कि व्यवसायी से अपराधी मोटरसाईकिल लूटने की कोशिश कर रहे थे विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से तीन विशेष ट्रेने चलाने का निर्णय किया है इन ट्रेनों में दो एसी कोच के साथ तेरह स्लीपर और तीन सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे शेखप्रा जिले में किउल गया रेलखंड के दोहरीकरण कार्य में लगे एक अभियंता समेत तीन लोगों को अपराधियों ने मार पीट कर घायल कर दिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पश्चिम चम्पारण जिले के हसनपुर जीआरपी ने अपहृत तीन छात्राओं को बरामद कर लिया है इन छात्राओं के परिजनों ने बेतिया मुफस्सिल थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था बिहार सब जूनियर नौवीं राज्यस्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के पहले दिन उद्घाटन मैच में सीवान ने बक्सर को एक के मुकाबले तीन गोलों से पराजित कर दिया इस प्रतियोगिता में खगड़िया पूर्णियां पटना नालंदा लखीसराय पटना एकलव्य और पंजवार की मेरीकॉम एकेडमी हिस्सा ले रही है उधर सासाराम जिले में होने वाली पांचवीं बिहार राज्य मिनी हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए पटना जिले के टीम की घोषणा आज की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है शत्रुघ्न का टिकट कटा पटना साहिब से रविशंकर मैदान में दैनिक जागरण की सुर्खी है रविशंकर पटना साहिब रामकृपाल को पाटलिपुत्र दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है भाजपा का सवाल राहुल की सम्पत्ति दस साल में पचपन लाख से नौ करोड़ कैसे हुई प्रभात खबर ने चौरासी शहरों में पटना व मुजफ्फरपुर की ही हवा खराब को बड़ी खबर बनाया है अखबार आज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान पर सूर्खी दी है वंशवादी राजनीतिक को घातक मानते थे डॉक्टर लोहिया राष्ट्रीय सहारा ने माले महागठबंधन से अलग पांच सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान को सुर्खी बनाया है इसके साथ ही अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने बार बार फॉरवर्ड हो रहे मैसेज को अब पकड़ सकेगा वॉट्सएप फेक फोटो की भी जांच होगी के साथ करमबीर नौसेना प्रमुख बनने वाले पहले हेलीकॉप्टर पायलट को प्रकाशित किया है

पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि कल